उपचुनाव की घोषणा होते ही कांगड़ा और सिरमौर जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है इस वर्ष जून में हुए लोकसभा चुनाव में धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से किशन कपूर और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप के सांसद बनने पर इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं मुख्यमंत्री उपचुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल कर दोबारा अपना परचम लहराएगी मंडी जिले के जंजैहली में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि उपच्नाव के लिए प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर इन नामों पर चर्चा की जाएगी इधर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़े हैं और पार्टी इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर कर दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों से आवेदन मांगे हैं

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज जंजैहली क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के उद्घाटन व शिलान्यास किए उन्होंने बाखली खड्ड पर बनने वाली पुल की आधारशिला रखी और थुनाग में हॉर्टीकल्वर सेंटर ऑफ एक्सिलेंस कॉलेज का उद्घाटन किया इससे पहले जयराम ठाकुर ने नागरिक अस्पताल जंजैहली में अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सुविधा मिलने से लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सौ किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों से कृषि व बागवानी की आधुनिक तकनीक अपनाकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का आग्रह किया है मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के त्रैम्बला खयालग और हुक्कल में जनशिकायत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनमंच कार्यक्रम के अलावा सरकार ने अब मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन शुरू की है भेंट कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा और ताबो मॉनिस्ट्री के गुरू शरेकोंग रिपोंछे की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की उन्होंने मुख्यमंत्री को खतक पहनाकर सम्मानित किया इस अवसर पर रामलाल मारकण्डा ने ताबो मॉनिस्ट्री की छत की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार के आर्कियोलॉजी विभाग को पत्र लिखने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया मारकण्डा ने काजा के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भेजने की भी मुख्यमंत्री से मांग की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देने का आहवान किया है सोलन जिले के कण्डाघाट में आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये अभियान तभी कामयाब हो सकता है जब लोग अपनी सोच बदलेंगे और स्वच्छता में अपना योगदान देंगे राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं राज्यपाल ने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की भी लोगों से अपील की इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय ने कण्डाघाट बाजार में श्रीनगर पंचायत द्वारा स्वच्छता के लिए डे एंड नाईट विज़न युक्त कैमरा प्रणाली का शुभारम्भ किया

इस उद्देश्य से आज शिमला में एक कार्यशाला आयोजित की गई इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला में बताया कि गरीबों को मकान देने के साथ स्वच्छता व अनुकूल वातावरण देने के उद्देश्य से अंगीकार अभियान शुरू किया जा रहा है

सरवीण चौधरी ने बताया कि अंगीकार अभियान के तहत पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को जल उर्जा पर्यावरण और कूड़ा प्रबंधन को लेकर जागरूक किया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा यात्रा को लेकर आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री अमितशाह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया आउटरीच ब्यूरो भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो हमीरपुर द्वारा आज किन्नौर जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जलशक्ति अभियान पोषण अभियान और प्लास्टिक प्रबंधन पर एक जागरूकता शिविर लगाया गया इस दौरान एक जागरूकता रैली निकाली गई और पोषण व स्वच्छता को लेकर विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन नेगी ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को सही पोषण और स्वच्छता के बारे जानकारी दी सतपाल सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिले के बहडाला में आयुष्मान भारत कार्ड वितरण समारोह की अध्यक्षता की

उन्होंने पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है जागरूकता कार्यक्रम लाहौल स्पिति जिले के केलंग में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिला मण्डल की सदस्यों को पौष्टिक व संतुलित आहार की जानकारी दी गई विभाग के पर्यवेक्षक सुभाष ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में खून की कमी कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उन्हें संतुलित व पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने का आहवान किया